अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को पोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए पांच राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आज नई दिल्ली में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये प्रस्कार प्रदान किए छत्तीसगढ़ महिला और बाल विकास विभाग के संचालक जन्मेजय महोबे विशेष सचिव वीके छाबलानी और पोषण अभियान के प्रभारी साजिश मेनन को संयुक्त रूप से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रशस्ति पत्र और पचास लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है सुपोषण अभियान में दो श्रेणियों में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं के क्षमता विकास के साथ साथ समुदाय आधारित गतिविधियों में भी छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इसके अलावा श्रेष्ठ जिला के रूप में दुर्ग श्रेष्ठ विकासखंड के रूप में कोरबा जिले के करतला को सम्मानित किया गया वहीं श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन पर्यवेक्षक और एएनएम के दल के रूप में सरगुजा जिले के बतौली और दुर्ग जिले के पाटन को पुरस्कृत किया गया

चना वितरण शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में स्वादिष्ट चना वितरण योजना का शुभारंभ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दस ट्रक चना बस्तर अंचल के लिए हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया पौष्टिक आहार योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित और माडा क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए स्वादिष्ट चना का वितरण किया जाएगा इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उद्योग मंत्री कवासी लखमा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विधायक धनेन्द्र साहू उपस्थित थे गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के तेईस जिलों के सौ विकासखंडों के लगभग पच्चीस लाख परिवारों को पचास हजार क्विंटल चना प्रतिमाह वितरित किया जाएगा चना वितरण पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग दो सौ दो करोड़ रूपये खर्च करेगी महंगाई भत्ता प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है अब छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी यह भत्ता एक जनवरी दो हजार उन्नीस से दिया जाएगा इससे राज्य सरकार पर करीब पांच सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा बढ़ोत्तरी के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में बारह प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में एक सौ चौव्वन प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी मुख्यमंत्री घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए छह अभिकरणों के गठन की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी स्तर की पंचायतों में विशेष जनजाति के एक प्रतिनिधि का मनोनयन करेगी उन्होंने यह भी कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक भवनों की स्वीकृति भी दी जाएगी श्री बघेल आज राजधानी रायपूर स्थित अपने निवास में विशेष पिछड़ी जनजाति के ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे दिशा समिति पूनर्गठन राज्य सरकार ने कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जिला स्तरीय दिशा समिति का पुनर्गठन जल्द करने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुनर्गठित होने वाली समितियों के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के लिए नामांकित सांसदों की सूची राज्य सरकार को भेजी है उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय दिशा समिति संबंधित जिले में और राज्य स्तर पर केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है क्षेत्रीय सांसद इन समितियों के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष होते हैं सोलहवीं लोकसभा के विघटन और अब सत्रहवीं लोकसभा के गठन के बाद केन्द्र सरकार के निर्देश पर इन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य के सांसदों को दिशा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है सिंहदेव केंद्रीय मंत्री मुलाकात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से मुलाकात की इस दौरान श्री सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेत्थ स्कीम को लागू किए जाने को संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से रविवार सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह तीसरा संस्करण होगा मन की बात आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर उपलब्ध रहेगा

ये दोनो गाड़ियां अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी रेलवे प्रशासन ने बिलासपुर नागपुर बिलासपुर कटनी और अनुपपुर अंबिकापुर सेक्शन में आवश्यक रखरखाव का कार्य बीते एक अगस्त से आगामी इकतीस अगस्त तक किए जाने की घोषणा की थी लेकिन रेल यात्रियों की मांग और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रद्द की गई कटनी मुड़वारा चिरमिरी पैसेंजर और चिरमिरी कटनी पैसेंजर को तत्काल चलाने का निर्णय लिया है हाफ मैराथन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में कुपोषण के खिलाफ हाफ मैराथन दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे युवा और जनप्रतिनिधि शामिल हुए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं ने कुपोषण के खिलाफ जन जागरूकता के उद्देश्य से हल्ला बोल हाफ मैराथन का आयोजन कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है उन्होंने कहा कि एक सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्पोषण के खिलाफ लड़ाई में सभी लोगों को सक्रिय योगदान देना होगा भूपेश बघेल जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर आज उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों जनप्रतिनिधियों अधिकारियों स्कूली बच्चों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल अनुसुईया उइके और पंजाब के राज्यपाल व्हीपी सिंह बदनोर ने भी मुख्यमंत्री श्री बघेल को उनके जन्मदिन पर स्वस्थ सुदीर्घ और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं रायपुर स्मार्ट सिटी पुरस्कृत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जैविक पद्धति से तेलीबांधा तालाब के शुद्धिकरण और पुनर्जीवीकरण के लिए नेशनल एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है यह सम्मान आज उत्तरप्रदेश के गुरूग्राम में आयोजित राष्ट्रीय नगरीय विकास सम्मेलन में केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य को प्रदान किया इस मौके पर अपर आयुक्त ने रायपुर में नागरिक सेवाओं के उन्नयन के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गौरतलब है कि जैविक पद्धति से तालाबों के शुद्धिकरण की अभिनव तकनीक का उपयोग रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राजधानी रायपुर में स्थित कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर जैतूसाव मठ और गोकुल चंद्रमा मंदिर ब्रढ़ापारा में विशेष तैयारियां की जा रही हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है जबकि अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विभाग केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इस समय उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और दक्षिण उत्तरप्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इसके अलावा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तटीय ओडिशा और विदर्भ से लगे हुए क्षेत्र में भी ऊपरी हवा में चक्रवात सक्रिय है इसके असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल राजधानी रायपुर के पास उरक्रा सरोना बायपास रेललाइन के बीच नवनिर्मित रेलवे ओव्हरब्रिज का लोकार्पण करेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज को स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार उन्हें इमरजेंसी सेवा में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आज राजधानी रायपुर में एक पीआर कंपनी के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की